मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर आज शिमला के ओक ओवर में लोगों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने इस मौके पर नागरिक सौलिडेरिटी मार्च को भी हरी झण्डी दिखाई तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चार योजनाओं की शुरूआत भी की इन योजनाओं में आपदा तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए युवा स्वयं सेवकों का कार्यबल सुजित करना अस्पताल सुरक्षा के लिए योजना भवनों की लाइफ के लिए ढांचागत सुरक्षा ऑडिट तथा खतरा प्रतिरोधी निर्माण पर मिस्त्रियों तरखानों और बांइडर्स के लिए प्रशिक्षण योजना शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल देश के सर्वाधिक खतरनाक आपदा संभावित राज्यों में है ऐसे में ये ज़रूरी है कि राज्य का प्रत्येक नागरिक आपदा के समय किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहे मनीषा नंदा इस बीच अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व मनीषा नंदा ने कहा है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रदेशवासियों को किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है ताकि ऐसी स्थिति में कम से कम नुकसान हो मनीषा नंदा अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के मौके पर शिमला के गेयटी थियेटर में विभिन्न स्कूलों के एनएसएस एनसीसी नेहरू युवा केन्द्र और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिभागियों को संबोधित कर रही थीं उन्होंने इस मौके पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लगाई गई जागरूकता प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया विशेष सचिव राजस्व डी सी राणा ने प्रदेश में विभिन्न प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की इस मौके पर जानकारी दी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बंगाणा का दर्जा बढ़ाकर नागरिक अस्पताल करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र और स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का आभार जताया है वीरेन्द्र कवर ने आज बंगाणा में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा बढ़ने और बंगाणा और थाना कलां में नए पद सुजित होने से क्षेत्र में लोगों को घरद्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित होंगी उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय कुटलैहड सहित पूरे प्रदेश में विकास ठप्प हो गया था और लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही थीं राम स्वरूप सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि अमृत योजना के तहत कुल्लू शहर का चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा रहा है और यहां नागरिकों को कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं राम स्वरूप शर्मा आज कुल्लू के ढालपुर चौक पर वाटर एटीएम के लोकार्पण के मौके पर बोल रहे थे उन्होंने नगर परिषद कुल्लू से अमृत योजना के बजट का सदुपयोग सुनिश्चित करने और इस योजना से संबंधित सभी कार्यो को तेजी से पूरा करने की अपील की

इस मुददे पर आयुक्त ने आज संबंधित पक्षों से बैठक की

निगम आयुक्त ने ये भी कहा कि यदि तुरंत ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो इन वार्डों में काम कर रही कम्पनी का ठेका रद्द कर दिया जाएगा विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विश्वविद्यालय इकाई ने छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को बाहर निकालने की मांग को लेकर आज कुलपति कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया परिषद के विरोध प्रदर्शन का आज छठा दिन था इस मौके पर इकाई सचिव अंकित चंदेल ने कहा कि जब तक इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जाते संगठन तब तक आंदोलन जारी रखेगा संगठन ने सभी छात्रों को वाईफाई सुविधा देने लड़कियों के छात्रावास में स्टडी रूम की व्यवस्था करने सड़कों की हालत सुधारने और लड़के तथा लड़कियों के छात्रावासों में जिम की हालत में सुधार करने की भी मांग की है

हिमाचल प्रदेश फुटबॉल ऐसोसिएशन और सोलन जिला फुटबॉल ऐसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया बिंदल ने इस मौके पर कहा कि बचपन से ही यदि युवाओं में खेलों के प्रति रूचि बन जाएगी तो वे नशे से दूर रहेंगे